इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि संकल्प पर्व के दौरान लोंगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच वृक्षों बरगद आंवला पीपल अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परम्परा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है

मंत्रालय ने हवाई यात्रा के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया है नागर विमानन महानिदेशालय से कहा गया है कि वह नए आदेश के अनुरूप घरेलू उडानों की समय सारणी तय करें

स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने अपने आवास पर जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिये श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण क्षेत्र के पूनखर भण्डोडी और बालेटा गांव में जनसुनवाई की उन्होंने कई निर्माण कार्यो का उद्घाटन किया साथ ही कोरोना योद्वाओं का सम्मान किया जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने भी बांसवाडा में जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कोरोना योद्वाओं को सम्मानित किया

बीकानेर में उर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कोरोना संदेश की एक सीडी का लोकापर्ण किया साथ ही वहां राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी की ओर से ऑन लाईन राजस्थानी कवियित्री गोष्ठी का आयोजन इस अभियान के तहत किया गया जैसलमेर में मनरेगा के श्रमिकों ने एक साथ कोरोना जागरूकता की शपथ ली इस अवसर पर श्रमिकों को कोरोना जागरूकता प्रचार की सामग्री भी दी गई

उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के कारण अभ्यर्थियों की साक्षात्कार प्रकिया ऑन लाईन पूरी की गई थी

इसके अलावा कोविड से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह करना जरूरी है

एक टिड्डी दल को शुक्रवार को झुन्झुनू जिले में नियंत्रित किया गया बचा हुआ टिड्डी दल सुबह हवा की दिशा के साथ उत्तर प्रदेश में चला गया राजस्थान में नागौर और जयपुर से पांच और क्षेत्रीय नियंत्रण टीमों को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है इसके अलावा जैसलमेर से ड्रोन भी अभियान में शामिल किया गया है कल सुबह क्षेत्रीय नियंत्रण टीमों ने रेवाडी में नियंत्रण अभियान चलाने के साथ साथ जैसलमेर बाडमेर जोधपुर बीकानेर नागौर जयपुर और सीकर में राज्य के कृषि विभागों की मदद से अभियान चलाया कृषि मंत्रालय ने कहा है कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सभी निर्धारित प्रकियाओं का पालन करके और वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ड्रोनो के उपयोग से टिड्डी दल नियंत्रण अभियान संचालित किया है प्रमुख नियंत्रण अभियान राजस्थान में केन्द्रित है जहां अधिकतम संसाधनों का उपयोग किया गया है

अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि जिन व्यापारियों की कोई कर देयता नहीं बनती उन्हें एसएमएस के जरिये माल और सेवा कर विवरणी भरने की व्यवस्था से बड़ी सुविधा होगी

उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे पर चर्चा करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि राज्य में नये एमएसएमई उद्योगों की स्थापना को आसान करते हुए तीन साल तक विभागीय अनुमतियों और निरीक्षणों से मुक्त किया गया है